सोमवार को दोपहर बाद असम में जोरहाट से उड़ान भरने के बाद यह विमान अरुणाचल प्रदेश में कहीं लापता हो गया था वायुसेना वहां सेना और पुलिस की मदद से सियांग जिले के कायिंग और पायुम सर्किल के करीब ढ़ाई हजार वर्ग किलोमीटर इलाके में खोज कार्य जारी रखे हुए है मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार तुमबिन गांव में खेत में काम कर रहे तीन लोगों ने मोलोगांव की दिशा में सात से आठ किलोमीटर की दूरी पर आसमान में गहरा काला धुआ देखा था इसकी पुष्टि कि जा रही है मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने सभी उपायुक्तों से खोज कार्य तेज करने को कहा है और ग्रामीणों से सहयोग करने कि अपील की है ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कामांडिंग इन चीफ जनरल एम एम नरवाने ने अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा स्थिति और चल रहे जवाबी कार्रवाई अभियान की समीक्षा की लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने ने कल फॉरवार्ड कंपनी ऑपरेटिंग बेसेस का दौरा किया और खोंसा एवं तोब्र घटना के अपराधियों के खोज अभियान में लगे सैनिकों के साथ बातचीत की एक अधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में सेना और असम राईफल्स के ठोस प्रयासों के कारण जमीनी स्तर पर स्थिति में सुधार हुआ है राज्य के गृहमंत्री बामंग फेलिक्स ने पदभार संभालने के बाद प्रलिस मुख्यालय ईटानगर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की बैठक में पुलिस महानिदेशक एस बी के सिंह सहित मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और जिले के पुलिस अधीक्षकों ने भी भाग लिया बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू द्वारा राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने के लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य भर में कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हमारा अरुणाचल अभियान शुरु किया जाएगा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जल आपूर्ति मंत्री वांकी लोवांग ने कल ईटानगर के सिविल सेक्रेटेरियट में विभागीय समीक्षा बैठक की विभागीय मामलों का आकलन करने के बाद श्री लोवांग ने अधिकारियों से अपने कार्य पर ध्यान केंद्रीत और कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में बजट से संबंधित मामलो को प्रस्तुत करने की अपनी सहमति भी दी राज्य केलोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जल आपूर्ति मंत्री पद का पदभार संभालने के बाद श्री लोवांग की यह पहली समीक्षा बैठक थी केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि भारतीय खेल प्राधिकरण और विभिन्न खेल अकादमियों को पर्यावरण की दृष्टि से और अधिक अनुकूल बनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल उन्होंने अशोक का पौधा रोपकर उन्होंने धरती को हराभरा बनाने का भी संकल्प लिया उन्होंने कहा कि यह दीर्घकालीन पहल की शुरुआत है और भारतीय खेल प्राधिकरण के सभी स्टेडियमों और अकादमियों में कई पौधे रोपे जाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल मेघालय सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सहयोग से मुख्यमंत्री के एक नागरिक एक पेड़ के अभियान के तहत राज्य के ग्यारह जिलों में पंद्रह लाख पौधे लगायें मेडिकल और डेंटल कालेजो में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट दो हजार उन्नीस के परिणाम कल घोषित कर दिए गए राजस्थान के नलिन खंडेलवाल पहले स्थान पर रहे नीट परीक्षा एम बी बी एस और बी डी एस पाठ्यक्रमों में पवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है इस साल की परीक्षा में चौदह लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे जिनमें से करीब आठ हजार लाख उत्तीर्ण हुए है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बीस लीग की श्रुआत की इसके तहत शहरों और नगरों में तिमाही आधार पर स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाएगा इस अवसर पर हरदीप पुरी ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत अवजल की सफाई और उसके फिर से इस्तेमाल और मल जल के प्रबंधन के मानदंडो पर विशेष ध्यान दिया जायेगा उन्होंने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम को हर साल नये सिरे से तैयार किया जाएगा ताकि यह प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सके और लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों में आया बदलाव चिरस्थायी बन सके आवास और शहरी कार्य मंत्री ने कहा कि अमातौर पर कहा जता है कि किसी भी सर्वेक्षण से पहले शहरों को साफ कर दिया जाता है लेकिन बाद में सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए सरकार ने पूरे वर्ष स्वच्छता का आकलन करने के लिए इस कार्यक्रम की श्रुआत की है